उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में राज्य सरकारों सहित सभी संबद्व पक्षों से चर्चा की जायेगी और इसे एक विशाल जन अभियान बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया जायेगा प्रकाश जावड़ेकर ने ये घोषणा कल ब्राजील के साओ पावलो में की इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में लोगों से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए जूट तथा कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करने को कहा था

जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं उससे मुक्ति के लिये हमने ही अभियान छेड़ना होगा लेकिन साथ साथ हमने अलर्टनेट व्यक्स्थाएं भी देनी पड़ेगी मैं तो सभी द्वानदानों से आग्रह करूंगा आप अपने द्वान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं एक बोर्ड यह भी लगा दीजिये कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें ब्राजील में स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हए प्रकाश जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री अगले पांच वर्ष के दु ष्टिकोण को लेकर काम कर रहे हैं उन्होंने वर्तमान सरकार के पचहत्तर दिन के कार्यकाल के दौरान किये गए ऐतिहासिक और उपयोगी फैसलों पर भी प्रकाश डाला जिनमें तीन तलाक जम्मू और कश्मीर तथा कई अन्य मुद्दे शामिल हैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर स्थित सचिवालय और सरकारी कार्यालयों में आज से सामान्य कामकाज शुरू करने का निर्देश दिया उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल तक पहुंचाने के प्रबंध करने के निर्देश भी दिये हैं राज्यपाल ने यह निर्देश सलाहकारों और मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोहों के आयोजन और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद दिये राज्यपाल ने पाबंदियों के दौरान सहयोग के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है और आश्वासन दिया है कि इनमें धीरे धीरे और छट दी जायेगी इस बीच उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने और राज्य में मीडिया पर लगी पाबंदी को हटाने की याचिकाओं पर निर्देश देने के पहले वो क्छ समय तक प्रतीक्षा करेगा सुनवाई के दौरान केन्द्र ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार हो रहा है और पाबंदियों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने मोबाइल इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाओं सहित संचार के सभी साधनों को बहाल करने का निर्देश देने की याचिका दायर की है

वे आज पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में नवीनीकृत श्यामोली भवन राष्ट्र को समर्पित कर रहे थे उप राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों के उत्थान और समावेशी विकास के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को दूर करने के वास्ते एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है नायड् ने प्रकृति सहित शिक्षा के विस्तार में गुरूदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका का स्मरण किया और देश के गौरवपूर्ण इतिहास के प्रत्येक स्मारक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आग्रह किया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पहली पृण्यतिथि है अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे दो हजार पन्द्रह में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था एक प्रखर वक्ता होने के अलावा वे एक लेखक कवि निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार भी थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव अटल स्मारक जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पोखरण में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्वांजलि अर्पित किया जैसलमेर जिले में पोखरण वो स्थान है जहां अटल जी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किये गये थे इस अवसर पर रक्षामंत्री ने कहा कि भारत की परमाणु नीति आज तक यही रही है कि परमाणु अस्त्र का उपयोग वो पहले नहीं करेगा उन्होंने कहा कि भारत इस सिद्वांत पर दृढ़ता से टिका हुआ है लेकिन नविष्य में क्या होगा यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की पृण्यतिथि पर आज लखनऊ के लोकभवन में श्रद्वांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल जी विचार प्रेरणा के स्रोत थे उन्होंने अखण्ड भारत का सपना देखा था जिसे अनुछेद तीन सौ सत्तर हटाकर केन्द्र सरकार ने पूरा किया मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में प्रदेश सरकार की ओर से उठाये जा रहे कदम की भी विस्तार से चर्चा की इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर हृदय नारायण दीक्षित उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे